उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है रक्षामंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में अपने वक्तव्य में श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर दोना देशों के सैनिकों की संख्या और तनाव के स्थानों के मामले में मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है बाइट एक और किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय यानी डिटरमिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मा न और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है

हमारे बहादुर सिपाहियों ने बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे है पूरी के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां सयंम की जरूरत थी वहां सयंम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे है रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है

श्री सिंह ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत चीन ने स्वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्यक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं तथा देश की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हए माँ भारती को गौरवभूषित करते रहे और दीर्घायू हो प्रदेश के तमाम अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी प्रधानमंत्री को अपनी श्रभकामनाएं प्रेषित की है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सशक्त और समृद्ध भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत के निमाण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर राष्ट्रोदय और सेवा के व्रत के जीवन समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए आज पूरे देश और प्रदेश म कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है

प्रदेश में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपकरण वितरित किये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिये विभिन्न योजनाओं की शरूआत की है वाराणसी में विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये एक रिपोर्ट आज सारा देश जहां अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके दीर्घायु की कामना से माँ गंगा के तट पर दूध व केशर जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई की गई

इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा और सूबे के मंत्री अनिल राजभर ने चिरईगांव विकास खंड के बरियाशनपुर में दिव्यांग जनों में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण को बांटा यहां के मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया भजन कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सम्मान दिलाया और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है उन्होंने कहा कि श्री मोदी कुशल और दूरगामी सोच वाले व्यक्ति है उनकी कार्यशैली की देश में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में प्रशंसा हो रही है श्री योगी आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में दिव्यांगों को ट्राई साइकिल व्हील चेयर और अन्य उपकरण वितरित कर रहे थे उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने दिव्यांग शब्द देकर समाज के एक वर्ग को सम्मान दिलाया है आज गरीबों को श्री मोदी के कारण ही आवास शौचालय रसोई गैस सिलेण्डर और बिजली जसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उन्होंने कहा कि योग को अतंर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने वाले श्री मोदी के कार्यकाल में देश में पिछले छह सालों के दौरान आमूल चूल परिवर्तन हुए है

आज देश और प्रदेश में विश्वकर्मा जयन्ती श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि आज का दिन उन्हें समर्पित है जो काम को ही पूजा समझते हैं और जिन्होंने अपने सूजन से समूची मानवता को समूद्ध किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिल्पियों और अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राष्ट्र के विकास में पारम्परिक शिल्पकारों और अभियंताओं का अप्रतिम योगदान है सरकार उनके उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार ने इन कारीगरों की प्रतिभा निखारने के लिये एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चलाई है

हमीरपुर लखनऊ और मेरठ सहित कई स्थानों पर कारखानों में कलपुर्जो की पूजा की गई

बाइट वैक्सीन के लिए जैसे दुनियाभर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें तीन लगभग ऐसे हैं जो फेस वन फेस दू और फेस थ्री के अंदर पहुंच गए हैं उम्मीद है कि अगले के शुरूआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए